शेखपुरा राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना

अब तक दो लाख उनसठ हजार पांच सौ से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात और मौसम में तेजी से हो रहा है बदलाव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

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाकर विकास का लाभ दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाएगा गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाया जाना राष्ट्र के हित में है और इसके परिणाम नजर आने लगे हैं

राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दें जिससे जनता गुमराह हो

श्री शाह ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि इन्हें सीमित नजरिए से नहीं देखा जा सकता

क्यूं उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आतीं क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है केंद्र सरकार ने कार्यालयों में कोविड उन्नीस संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे जबकि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर कार्यालय खोलने की अनुमति होगी मंत्रालय ने कहा कि कोविड उन्नीस के संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए साधारण निवारक उपायों के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करना जरूरी है मंत्रालय ने कहा कि सभी कर्मचारियों और आगंतुकों को हमेशा इन उपायों का पालन करना चाहिए इसमें सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम छह फीट की द्री बनाये रखना हर समय मुंह ढंकना या मास्क का इस्तेमाल करना और बार बार हाथ धोते रहना शामिल है शेखपुरा जिला प्रदेश का पहला कोरोना मुक्त जिला घोषित किया गया है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दस दिनों में जिले में एक भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई जो लोग कोरोना से संक्रमित थे उन्हें भी इलाज के बाद आज पूर्णतः स्वस्थ घोषित किया गया जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण मुरारी सिंह ने इस उपलब्धि के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार के दिशा निर्देश के साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग को श्रेय दिया है

किसी भी व्यक्ति में इसके प्रतिकूल प्रभाव की कोई भी खबर नहीं है वहीं राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव एक सात प्रतिशत हो गई है प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले व्यक्तियों की दो लाख उनसठ हजार पांच सौ तेरह हो गई है देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर संतानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में ग्यारह हजार एक सौ छह लोग कोविड से स्वस्थ हुए अब तक इस बीमारी से एक करोड छह लाख ग्यारह हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख सैंतीस हजार से अधिक है

लोग टोल फ़ी नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं इसके अलावा माई जीओवी डॉट इन प्लेटफॉर्म और नरेन्द्र मोदी एप के जरिये भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं

राज्य में उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव कम होने के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है

भागलपुर का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव एक और न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव आठ जबकि पूर्णिया का अधिकतम तापमान सताईस दशमलव छह और न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव एक डिग्री दर्ज किया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि इस मिशन पर पांच वर्ष से अधिक समय तक दो लाख सतासी हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे

इस दिशा में अब तक लगभग सात करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है वहीं गोवा और तेलंगाना में शत प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति शुरू हो गई है दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि छोटे जोत वाले बयासी प्रतिशत किसानों के हित में केन्द्रीय कृषि कानून बनाया गया है मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि नये कृषि कानूनों से देश भर के किसानों को लाभ होगा उन्होंने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया श्री राय ने कहा कि केन्द्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी विकास के सपनों को साकार करने में कारगर साबित होगा उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शहरी निकायों के कर्मचारियों को भी प्रोन्नति के साथ स्थानांतरण की सुविधा दी जायेगी कटिहार में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही तबादला नीति बनायेगी बजट की चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य हासिल करने में मददगार साबित होगा उन्होंने कहा कि बजट किसानों और युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर भी सुजित करेगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि भाजपा से जुड़े हर व्यक्ति का सैद्धांतिक पक्ष मजबूत होना चाहिए रोहतास जिले के विक्रमगंज में पार्टी की ओर से आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि भाजपा एकात्मवाद और मानवीय मूल्यों का पक्षधर रही है

पश्चिम चंपारण जिले के नौतन में उन्होंने कहा कि श्रेयामन और उदयपुर जंगल को पयर्टक स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में पर्यटन उद्योग की व्यापक संभावना है और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों के सम्मान में औरंगाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गयी इसमें शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल हुए वहीं भागलपुर जिले के मदारगंज में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इसी गांव के रहने वाले रतन कुमार ठाकुर भी पुलवामा में शहीद हुए थे दरभंगा खगड़िया शेखपुरा समेत कई जिलों में कल पैक्स का चुनाव होगा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी है दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एमएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि जिले में तीस जोनल दंडाधिकारी और सोलह सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गये है उन्होंने बताया कि पचासी पैक्सों के लिए कुल तीन सौ इकसठ मतदान केन्द्र बनाये गये हैं राज्य में होने वाले पंचायत च्रनाव की मतदाता सूची पर कल दावा आपत्ति का अंतिम दिन है मंगलवार से दावा आपत्ति का निष्पादन कर उन्नीस फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया के घर के सौ मीटर के अन्दर बने मतदान केन्द्र को हटाया जा रहा है प्रदेश जनवितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले चावल को लेकर आत्मनिर्भर हो गया है सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी और खाद्य उपभोक्ता विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश को पीडीएस के लिए एफसीआई से चावल लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में खरीद प्रणाली को और विकसित तथा सरल बनाया जायेगा

शेखपुरा राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना

अब तक दो लाख उनसठ हजार पांच सौ से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात और मौसम में तेजी से हो रहा है बदलाव